शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटसरा ने आज जयपुर में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित समारोह में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने केन्द्र से सहयोग किए जाने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही उनका समुचित पोषण भी जरूरी है श्री डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही उनके सर्वांगीण विकास के मददेनजर कार्य कर रही है उन्होंने बालिका शिक्षा को वर्तमान समय की सबसे बडी जरूरत बताते हुए कहा कि एक बालिका यदि परिवार में पढ़ जाती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो सकता है उन्होंने कहा कि बालिकाओं को शिक्षित करने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की भी आवश्यकता है इसलिए राज्य के विद्यालयों में बालिकाओं को शिक्षा के साथ उनकी कौशल दक्षता पर विशेष ध्यान दिया गया है शिक्षा मंत्री ने बताया कि जन सहयोग से प्रदेश के सौ से अधिक बालिकाओं के नामांकन वाले एक हजार विद्यालयों में इन्सीनेरेटर डिस्पेंसर मशीन की स्थापना की पहल की गयी है समारोह में बालिकाओं द्वारा जूड़ो कराटे के साथ ही आत्म सुरक्षा के लिए दिए गए प्रशिक्षण का प्रदर्शन भी किया

इस अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग के शासन सचव के के पाठक ने कहा कि बालिकाओं को बाल विवाह रोकने के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी होगी चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर राज्य सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में लाडली रक्त सेवा योजना के तहत चौदह साल तक की सभी बेटियों को आवश्यकता पड़ने पर बिना परिजनों से रक्तदान कराये रक्त की आपूर्ति की जायेगी लाडली रक्त सेवा योजना के तहत अब इसे पूरे प्रदेश के सभी जिला ब्लड बैंको में संचालित किया जायेगा अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए सिरोही और सवाईमाघोपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया बूंदी में जिला कलेक्टर ने पुराना जनाना अस्पताल भवन में वन स्टॉप सेंटर सखी को जिले की महिलाओं को समर्पित किया जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सेव गर्ल चाइल्ड वॉल की शुरूआत की गई

राज्य में आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेने के दो बडे मामले पकड़े हैं

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जोधपुर टीम ने आज एक कार्यवाही करते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक निदेशक होर्टिकल्चर को एक लाख रूपए की रिश्वत लेते गिरफ़तार कर लिया

ब्यूरो की टीम ने इसका सत्यापन कर आज आईआईटी परिसर में कार्रवाई को अंजाम दिया

उन्होंने कहा कि अब से राज्य में केडिट को ऑपरेटिव सोसायटियों का नया पंजीयन नहीं होगा उन्होंने आज जयपुर में एक बैठक में कहा कि सभी केडिट सोसायटियों की ऑडिट विभागीय ऑडिटर से करवाई जाएगी और किसी भी पंजीकृत सीए से ऑडिट मान्य नहीं होगी

इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन चीन जैसे देश युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करने के कारण ही आज विकसित देशों की कतार में खड़े हैं उन्होंने कहा कि युवा ही देश का भविष्य हैं क्योंकि युवाओं के भविष्य से ही देश का भविष्य तय होता है उन्होंने कहा कि युवा महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करें और उनके बताए शांति और सद्भाव के मार्ग पर चलें